उन्होंने कहा कि किसानों को उनके उत्पादन और विपणन निर्णय में मार्गदर्शन करने के लिए पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है एक दिवसीय सम्मेलन में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उपस्थित थे सम्मेलन का आयोजन टेरी और एफ आई सी सी आई के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है

वे कल पासीघाट में किसानो की पहचान पर आयोजित समन्वय बैठक की अध्यक्षता कर रही थी जिला उपायुक्त ने वर्तमान में जिले में लागू की गई सभी लाभकारी परियोजनाओ की स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी है

हालही में एक अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार ने कहा कि देशभर में इंस्पेक्शन बंग्लो सर्किट हाउस टूरिस्ट लोज भवन और गेस्ट हाउस जैसे राज्य सरकारी आवासो में मान्यता प्राप्त पत्रकारो को भी ग्रुप ए अधिकारियों द्वारा प्राप्त सुविधाए मिलेगी इसी अधिसूचना के साथ अरुणाचल प्रदेश देश में इस प्रावधान को लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य बन गया है

एन ई एस प्रत्येक न्यीशी आबादी जिलों में एक स्कूल गोद लेगा और गोद ली हुई स्कूल को मॉडल स्कूल के रुप में विकसित किया जाएगा समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने विद्यार्थियो को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के महत्व और शिक्षको एवं अभिभावको के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर बल दिया

प्रतियोगिता में राज्य ने सर्वश्रेष्ठ अनुशासित टीम का खिताब भी जीता अगले वर्ष दो हजार बीस में अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय आर्म रेस्लिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेगा

तीन दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन केपिटल कॉम्प्लेक्स बैडमिंटन संघ अरुणाचल राज्य बैडमिंटन संघ के सहयोग से कर रहा है प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से चार अलग अलग बैडमिंटन क्लबो का प्रतिनिधित्व कर रहे साठ बैडमिंटन खिलाड़ी भाग ले रहे है

आज का अधिकतम तापमान चौंतीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस डिग्री चार दशमलव सेल्सियस रिकार्ड किया गया